राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दोनों नेताओं को मुम्बई में राजभवन में एक सादे समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई शपथग्रहण के बाद श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने स्पष्ट जनादेश दिया था मगर चुनावी नतीजे आने के बाद से ही शिवसेना ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ की कोशिशे शुरू कर दी थी इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को स्थिर सरकार की जरूरत है वहीं शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन के जरिए एकजुटता दिखाई राकांपा के प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि पार्टी के सभी विधायक हमारे साथ हैं सीएम राहत राशि केन्द्र सरकार ने प्रदेश में हुई अति वृष्टि से हुए नुकसान के लिए एक हजार करोड़ रुपए की राहत राशि जारी कर दी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अति वृष्टि से हुए नुकसान को लेकर जो ज्ञापन सौंपा था उसमें इसे गंभीर त्रासदी मानकर गंभीर आपदा की श्रेणी में भी रखने का आग्रह किया था केन्द्रीय अध्ययन दल ने भी सभी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट दी है रिपोर्ट में न्कसान का आकलन भी दिया गया है वहीं सतना के सांसद ने कहा है कि राज्य के किसानों को अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ था उसके लिए केन्द्र सरकार ने एक हजार करोड़ की राहत राशि जारी की है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कम राशि जारी करने की जो बात कही है वह गैर जिम्मेदाराना है

चार दिवसीय इस आयोजन में कल दिनभर देश और विदेश की जमातों के आने का सिलसिला जारी रहा यहां पंडालों में राज्यवार हल्के बनाये गये हैं इज्तिमा स्थल पर करीब दो हजार वालेन्टियर लोगों की मदद के लिए तैनात किये गये हैं

सुरक्षा व्यवस्था में करीब चार हजार अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं जिनमें जिला पुलिस बल एसएएफ एसटीएफ शामिल हैं इज्तिमा इंतजाभिया कमेटी के प्रवक्ता अतिकुल इस्लाम ने बताया है कि कल शाम यहां बड़ी संख्या में इज्तिमाई निकाह हुए आज भी यहां उलेमाओं की मजहबी तकरीरे जारी रहेंगी

मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से कल सुबह ग्यारह बजे देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले इस मासिक कार्यक्रम की यह उनसठवीं कड़ी होगी मन की बात कार्यक्रम को आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क के अलावा दूरदर्शन पर भी सुना जा सकेगा

संक्षिप्त समाचार शिवपूरी के जिला अस्पताल के मेटरनिटी वार्ड के प्रसव कक्ष में आज सुबह अचानक आग लग गई

आग लगने का कारण शार्टसर्किट बताया जा रहा है पीआईबी भोपाल द्वारा नरसिंहपुर में मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया है

इस नवाचार का उपयोग प्रदेश के अन्य जिलों में भी किया जायेगा भोपाल में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पण वेन सेवा का शुभारंभ किया